दोनों देशों के बीच इस दौरान कई समझौते होने की उम्मीद है इससे पहले एक टवीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भागीदारी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का महत्वपूर्ण स्तम्म है उन्होंने कहा कि भारत इसे और मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने कई अन्य देशों की तरह टीकों के निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है

वर्तमान उत्पादन क्षमता तथा देश की टीकाकरण आवश्यकताओं को देखते हुए आपूर्ति कार्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जा सकता है

ये इस साल का एक दिन में भिलने वाले मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है

राहत की बात ये कि कल किसी भी मरीज की इस बीमारी से मृत्यू नहीं हुई दो जिलों च्रू और झुंझनू में संकमण का कोई नया मामला भी नहीं मिला

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी खातों के वार्षिक समापन के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है

आरबीआई ने सभी बैंकों को इस दिन अपनी शाखाएं सरकारी लेन देन के लिए निर्धारित समय तक खूला रखने के लिए कहा है

एनईएफटी और आरटीजीएस भी देर रात तक किया जा सकेगा करौली जिले के प्रसिद्ध आस्था धाम कैलादेवी में चैत्र नवरात्र मेला इस बार कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है आठ अप्रैल से शुरू होने वाले इस मेले में राजस्थान सहित कई राज्यों से लाखों श्रद्वालुओं के आने की संभावना थी मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्वालुओं को ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था शुरू की जा रही है

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दोपहर बाद पुणे में खेला जाएगा भारतीय टीम इस मैच को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी

गौरतलब है कि भारत इस श्रृंखला में एक शून्य से आगे है हाल ही में मौसम में हुए बदलाव के चलते प्रदेश में दिन के तापमान में कमी दर्ज की गई है